अब समाचार विस्तार से खाद्य बैठक केंद्र सभी राज्यों को प्याज खाद्य तेल दलहन और तिलहन के मूल्य पर नियंत्रण के लिए इनके थोक व्यापारियों आयातकों और निर्यातकों के साथ नियमित बैठक करने का परामर्श देगा ये बैठकें राज्य और जिला स्तर पर विशेषकर त्यौहारों के मौसम में दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टाबाजारी पर निगरानी समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया निगरानी समूह को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया कृषि प्रतिनिधियों ने बताया कि खरीफ का प्याज आने के साथ ही मूल्यों में स्थिरता आ रही है और आने वाले दिनों में कीमतें कम होने का अनुमान है राज्यपाल नारायणपुर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ अब्झमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचे यह सुनिश्चित कराने पर जोर दिया है नारायणपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला प्रमुखों की समीक्षा बैठक ली सुश्री उइके ने इस बात पर संतोष जताया कि माओवाद प्रभावित इलाका होने के बावजूद कठिन परिस्थितियों में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है राज्यपाल ने कहा कि माओवाद हिंसा से प्रभावित परिवारों उनके बच्चों तथा समर्पित माओवादियों के लिए राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाए बैठक मं राज्यपाल ने माओवादी घटना या स्कूली बच्चों की कमी के कारण बंद हुए स्कूलों के बारे में भी जानकारी ली प्रवास के दौरान राज्यपाल रामकृष्ण मिशन आश्रम और भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित खेल मेले के समापन समारोह में शामिल हुई इस मौके पर राज्यपाल ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए चित्रकोट उप चुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा यहां प्रचार प्रसार उन्नीस अक्टूबर की शाम को थम जाएगा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

प्रदर्शन के बाद राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की अगुवाई में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट की भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में ज्ञापन सौंपा इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय राजेश मूणत के साथ पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे हाईकोर्ट नान मामला नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले मामले में अभिय्क्त बनाए गए आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है न्यायाधीश अरविंद चंदेल की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने वर्ष दो हजार पंद्रह में नान के अट्ठाईस ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रूपए बरामद किए थे इस मामले में सत्ताईस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पूरक चालान पेश कर इस मामले में आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और नान के तत्कालीन एमडी अनिल ट्टेजा का नाम दर्ज किया गया था इससे पहले बीते अप्रैल महीने में हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी अनिल दुटेजा को भी अग्रिम जमानत दे दी थी हाईकोर्ट जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई एक दिन के लिए आगे बढ़ गई है अब कल न्यायाधीश आरसी सामंत की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी

श्री जोगी ने इसी रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है

इसके लिए पंचायत संचालनालय ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा है पंचायत विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि जिन जिन मांग संख्याओं में जिला पंचायत को राशि आबंटित की गई है उन सभी मांग संख्याओं की राशि का आहरण और भुगतान करें पत्र में कहा गया है कि जिला पंचायतों द्वारा पर्याप्त बजट होने के बाद भी भुगतान न कर अनावश्यक रूप से अलग अलग मांग संख्या में बजट मांगा जाता है जो कि उचित नहीं है राष्ट्रीय प्रदर्शनी छियालीसवीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी कल से रायपुर के बीटीआई मैदान में शुरू हुई है कल इसका उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि विज्ञान का विकास इस तरह से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षित रहे और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सारे लाभों को प्राप्त किया सकें यह प्रदर्शनी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है इस प्रदर्शनी में सत्ताईस राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं इसमें एक सौ सैंतालीस से अधिक मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने नरवा गरवा घुरूवा और बाड़ी विषय पर अपना व्याख्यान दिया वहीं दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरूणा पल्टा ने हेल्थ एंड न्यूट्रीशन फॉर ऑल विषय पर जानकारी दी वायुसेना भर्ती रैली भारतीय वायुसेना द्वारा धमतरी जिले में आयोजित भर्ती रैली का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ कल दूसरे चरण की भर्ती रैली का अंतिम दिन होगा उल्लेखनीय है कि जिले में पहली बार वायुसेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के सभी सत्ताईस जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए तेरह अक्टूबर और चौदह अक्टूबर को पहले चरण की भर्ती रैली में तीन हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से एक सौ बाईस उम्मीदवारों का चयन अंतिम रूप से हुआ है माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चिकपाल क्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान सुरक्षा बलों ने जनमिलिशिया सदस्य सन्नू मडकामी को गिरफ्तार किया इस माओवादी पर पिछले पांच वर्षो से माओवादी संगठन में संघम सदस्य के रूप में कार्य करने का आरोप है इसके पास से तीन नग इलेक्ट्रिक डोनेटर एक नग टिफिन बम और एक नग जिलेटिन रॉड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है बस्तर डायरिया बस्तर जिले के सीतापुर गांव में डायरिया फैलने का समाचार मिला है हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है मिली जानकारी के मुताबिक बकावंड विकासखंड के सीतापुर गांव में दूषित पानी पीने से पचास से अधिक लोग बीमार हो गए हैं बताया जाता है कि उल्टी दस्त से दो लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कैम्प लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला की शुरुआत की खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज मुगेली जिले के ग्राम खुड़िया में आयोजित सर्व आदिवासी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वन भूमि में काबिज वनवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जन्मशती के अवसर पर रायपुर में आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी ने स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं को काफी आकर्षित किया इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा किया गया था भारतीय वन सेवा द्वारा सतत् मानव विकास में वानिकी का योगदान विषय पर राजधानी रायपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई रायपुर में ईज ऑफ ङ्यूंग बिजनेस एमएसएमई और स्टार्ट अप योजना के प्रचार प्रसार के लिए परसों अट्ठारह अक्टूबर को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी और रायगढ़ जिले के तराईमार कलगामार चाम्पा और चोरभठी के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है